परीक्षा निरस्त शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा की तारीख निरस्त कर दी गई है

इसकी नई तारीख बाद में घोषित की जायेगी गौरतलब है कि कांग्रेस ने व्यापमं की भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठाये थे यूरिया रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि उवर्रकों की कमी की नहीं है यूरिया सहित सभी उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों को उर्वरक विभाग की ओर से हरसंभव सहयोग मिलेगा

वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने के प्रयासों से प्रदेश में किसानों के लिये रबी सीजन में यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ी है

प्रमुख सचिव कृषि विकास एवं किसान कल्याण डॉ राजेश राजौरा के अनुसार एनएफएल और चम्बल फर्टिलाइजर अपने प्लांटों से मध्यप्रदेश को तेजी से यूरिया की आपूर्ति करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का गुना प्लांट मध्यप्रदेश को ही यूरिया की आपूर्ति करने पर तेजी से विचार कर रहा है

इस पाइंट से ग्वालियर दतिया और मुरैना जिले के किसानों को आपूर्ति होगी

इससे छतरपूर जिले के किसानों को यूरिया की आपूर्ति होगी

इसके वितरण की व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर्स को निर्देश दे दिये गये हैं

मोदी सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में अडलाज गांव के निकट त्रिमंदिर इलाके में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे भाजपा की महिला इकाई के कार्यकर्ताओं के दो दिन के इस सम्मेलन का कल रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने कल उदघाटन किया प्रधानमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं श्री मोदी ने कल देश भर के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के साथ विचार विमर्श किया पुलिस महानिदेकों और महानिरीक्षकों का वार्षिक सम्मेलन नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के निकट आयोजित किया गया है तीन दिन के इस सम्मेलन की शुरुआत बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में हुई थी बैंक हड़ताल देश भर में कल बैंक अधिकारियों की अपनी मांगों के समर्थन के बीच प्रदेश में भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज प्रभावित हुआ बैंकों का लगातार छह दिन कामकाज प्रभावित रहेगा

मंत्रिमंडल गठन प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है सूत्रों के मुताबिक आज मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है मुख्यमंत्री कमलनाथ आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी से मुलाकात करने वाले है जिसके बाद मंत्रिमंडल शपथग्रहण की तारीख की घोषणा की जा सकती है इससे पहले कल भी मख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटोनी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा की उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है कमलनाथ यह बात पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल में पहली बार विधायक बने नेताओं को शामिल नहीं किया जायेगा मनोनयन निरस्त राज्य शासन ने प्रदेश के नगरपालिक निगम नगरपालिका परिषद और नगर परिषदों में नगरपालिक निगम और नगरपालिका अधिनियम के तहत मनोनीत किये गये एल्डरमेन के मनोनयन के आदेश को निरस्त कर दिया गया है कल नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने यह आदेश जारी किया वहीं राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राज्य कृषक आयोग के अध्यक्ष ईश्वरलाल पाटीदार का मनोनयन भी निरस्त किया है किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने कल यह आदेश जारी किया राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी मोघे का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास को प्रभार सौंपा गया है

पदस्थापना राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी पदस्थ किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कल यह आदेश जारी किया गया राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नीरज वरिष्ठ को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विशेष सहायक के पद पर नियुक्त किया गया है वहीं बैतूल जिले के सहायक आबकारी आयुक्त इन्दरसिंह जामोद को छिन्दवाड़ा जिले में पदस्थ किया गया है छिन्दवाड़ा जिले में तैनात दीपक कुमार रायचुरा को जबलपुर को सहायका आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है

यह गणना सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही समय की जायेगी संकलित जानकारी एवं आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में गिद्व आवास स्थलों के संरक्षण की रणनीति तैयार की जायेगी

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक आलोक कुमार ने बताया कि जिन जिलों में गिद्वों के आवास स्थल हैं वहाँ वास्तविक गणना के कार्य में स्थानीय व्यक्ति और संस्थाएँ भी शामिल हो सकते हैं इच्छुक व्यक्ति इसके लिए अपने क्षेत्र के वन मंडलाधिकारी से सम्पर्क करें वन विभाग गणना कार्य के लिये वृत्त स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन करने के साथ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहा है मौसम प्रदेश में ठंड का असर बरकरार है

प्रदेश का सबसे न्यनतम तापमान खजुराहो और मंडला में दर्ज किया गया वहीं दतिया में भी कडाके की ठंड पड़ रही है यहां कल न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

मौसम विभाग के अनुसार अभी दो तीन दिन सर्दी और बढ़ने के आसार हैं

इसमें दबकर पांच किसानों की मौत हो गयी वहीं एक दर्जन से ज्यादा किसान घायल हो गये बताया जा रहा है कि किसान ट्रक से फसल बेचने जा रहे थे

रायसेन जिले में कल स्वस्थ भारत यात्रा के तहत सॉची में प्रभातफेरी निकाली गई